प्रदेश में छोटे व्यवसायियों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना

आयकर कटौती की दरें सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने शुरू की नई सुविधा प्रदेश में रूक रूक कर वर्षा का दौर जारी आज क्छ जिलों में भारी बारिश की संभावना गेहलोत सरकार राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट के खुले विद्रोह के बाद संकट में आ गयी है सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है क्योंकि तीस से भी अधिक कांग्रेसी विधायक उनके समर्थन में हैं श्री पायलट ने एक वक्तव्य में कहा कि कृछ निर्दलीय विधायकों ने भी उन्हें समर्थन देने का वादा किया है उन्होंने कहा कि वे आज होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे पिछले दो दिनों से श्री पायलट से संपर्क नहीं हो पा रहा था सचिन पायलट के समर्थकों ने बताया कि वे दिल्ली में हैं और राजस्थान पुलिस के नोटिस को लेकर नाराज हैं पुलिस के विशेष कार्य समूह ने अपने नोटिस में अशोक गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कथित साजिश पर उनका बयान रिकॉर्ड करने का समय मांगा है पायलट के समर्थकों ने कहा कि यह नोटिस उन्हें परेशान करने की मंशा से दिया गया है स्ट्रीट वेंडर्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के संकट ने सबसे अधिक छोटा छोटा व्यवसाय करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स को प्रभावित किया लेकिन राज्य सरकार उनके साथ खड़ी है इन्हें अपने रोजगार को चालू रखने और उसे बढ़ाने के लिए सहायता देने की योजना प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसमें मध्यप्रदेश अव्वल है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सब्जी का ठेला लगाने वाले चाट की दुकान चलाने वाले सिलाई कार्य से जुड़े वर्ग और चाय आदि की दुकान संचालित करने वाले लघु व्यवसायियों को योजना का अधिकाधिक लाभ दिया जाएगा ताकि ब्याज के बोझ से बचकर ये सभी अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें परिवार की ठीक ढंग से गुजर बसर कर सकें

रोको टोको कार्यक्रम प्रदेश सरकार अब मास्क न पहनने वाले व्यक्तियों के लिए रोको टोको कार्यक्रम चलाएगी प्रदेश में सभी सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है

श्योपुर जिले में कल एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया

इसी तरह आयकर विवरणी भरने वाले खाताधारक के एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकालने पर यह दर क्या होगी

इस सुविधा का ब्यौरा देते हुए सीबीडीटी ने कहा है कि अब बैंकों और डाकघरों को पैसा निकालने वाले खाताधारक का सिर्फ पैन नम्बर दर्ज करना होगा और इससे स्रोत पर आयकर की कटौती की दर का पता चल जाएगा

निगम अध्यक्ष राज्य शासन द्वारा प्रदीप जायसवाल विधायक वारासिवनी जिला बालाघाट को मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है राज्य शासन द्वारा श्री जायसवाल को राज्य सरकार के केबिनेट मंत्री स्तर का दर्जो भी प्रदान किया गया है वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हए कूँवर प्रद्यम्न सिंह लोधी को मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम का अध्यक्ष बनाया गया है उन्हें केबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा भी प्रदान किया गया है इन्दौर कोरोना अभियान इंदौर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब तेजी से बढ़ने लगी है सांसद षंकर लालवानी की अध्यक्षता में कल कोरोना संक्रमण रोकने और लॉकडाउन को बढ़ाने की नीति पर विचार किया गया श्री लालवानी ने कहा कि कोरोना का असर अब शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगा है जो चिंता का विषय है उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के उपायों पर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिये जायेंगे बैठक में संभाग आयुक्त कलेक्टर और चिकित्सा विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद थे सौंदर्यीकरण विष्व प्रसिध्द पर्यटन स्थल भगवान परशुराम की जन्मस्थली जानापाव के सौंदर्यीकरण के लिये विषेष कार्ययोजना बनाई जाएगी ये बात कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने इंदौर जिले के मानपुर स्थित भगवान परषुराम की जन्मस्थली का दौरा करने के दौरान कही उन्होंने कहा कि इसके तहत इसे अध्यात्म केंद्र बनाने पर्यटकों के लिए सुविधाएं विकसित करने और औषधीय पौधों की रोपणी बनाने का कार्य किया जाएगा कैबिनेट मंत्री ने महू विधानसभा क्षेत्र की गोखलिया कुंच पंचायत से पौधरोपण अभियान की भी षुरुआत की मौसम बारिश प्रदेश में रूक रूक कर वर्षा का दौर जारी है कल रात भोपाल सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई बारिश से तापमान में कमी हैं मौसम विभाग ने आज भोपाल जबलपुर होशंगाबाद संभागों के जिलों मे तथा शाजापुर आगर उज्जैन देवास गुना अशोकनगर में वर्षा गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है